देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह इस तरह की पांचवीं बैठक होगी प्रधानमंत्री देशभर में लॉकडाउन को और आसान बनाने के फैसले सहित कोविड नाइन्टीन से जुड़े मुद्दो पर चर्चा करेंगे कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की श्री गाबा ने कहा कि बंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयो के मामलों में राज्यों का सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि तकरीबन साढ़े तीन लाख प्रवासी मजदूरो के लिए रेल विभाग तीन सौ पचास से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़िया चला रहा है उन्होंने राज्य सरकारों से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने के लिए रेलवे के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों का आवागमन पूरी तरह से बाधामक्त होना चाहिए और उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए श्री गाबा ने कहा कि कोरोना योद्वाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के अधिक संक्रमण वाले दस राज्यों में केंद्रीय दल भेजने का फैसला किया है ये दल कोविड नाइन्टीन महामारी के प्रबंधन में राज्य स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दल उत्तर प्रदेश गुजरात तमिलनाडु दिल्ली राजस्थान मध्यप्रदेश पंजाब पश्चिम बंगाल आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्य में जाएंगे शारजाह से प्रदेश के एक सौ बयासी लोगों को लेकर कल शाम एक विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अडडे पर उतरा यहां सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें चौदह दिनों के लिए संगरोध केन्द्रों में भेज दिया गया यात्रियों को लखनऊ में चौदह दिनों के लिए सरकारी केंन्द्रों में या उचित राशि देकर होटलों में क्वारंटीन होने का विकल्प दिया गया था अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कमार अवस्थी ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में एक और उडान उतरी जिसमें उत्तर प्रदेश के बीस यात्री सवार थे उन्हें नोएडा और गाजियाबाद के संगरोध केंद्रों में भेजा गया है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में आपको कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कोविड नाइन्टीन के रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देशों के बारे में बताया पहले हम क्वारंटिन में भी सरकारी जगह पर रहते थे छिर कहा कि सब को क्वारंटिन सरकारी जगह पर रखने की जरूरत नही है जो लोग घर पर मैनज कर सकते हैं मैनज कर लें

उसके आगे का हफ्ता वो घर पर अपना एहतियात रखेंगे और अपने आपको आईसुलेट करके रखेंगे

जब वो वहां जाएंगे प्रीमिती को और समाज को भी कॉन्फिडेंट आएगा डॉ नरेश ग्प्ता ने कहा कि इम्युनिटी बढ़ने से कोविड नाइन्टीन से बचाव में मदद मिलती है ज्यादातर मरीजों को निक्रिय करने की जो इम्यून पॉवर है बॉबी के अंदर मौजूद है वो कई तरह की इम्यूनिटी होती है एक तरह की इम्यूनिटी नहीं है

खाना आपको बैलंस खाना चाहिए जिससे कि अपकी इम्यूनिटी बढ़े और वर्णिय व्यायोय योगा कसरत जो मी आप करना चाहे वो बराबर करना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना वायरस मी थोड़ा डर कर रहेगा विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंक्श लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केन्द्र कोविड नाइन्टीन के संक्रमित रोगियों की देखभाल के लिए राज्यों को प्रति रोगी तीन लाख रूपये दे रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र दत्त शक्ल का आज गोरखपुर जिले में निधन हो गया वह बासठ वर्ष के थे गोरखपूर जिले के खजनी के सरया तिवारी गांव के मूल निवासी श्री शुक्ल वर्ष उन्नीस सौ नवासी में भाजपा से जुड़े थे उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है